उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है

आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है

देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निमाता है जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा देश में चल रहा स्ट्रक्वरत रिफ़ॉर्मस का सिलसिला आज एक नये पड़ाव पर पहुंचा है

इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील और टेक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफार्मस हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले छह सात सालों में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग ढाई करोड बढ़ गयी है श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्ट कट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है देश ने एक दिन में सात लाख तैंतीस हजार नमनों की कोरोना जांच का कीर्तिमान भी कायम किया है देश में अभी तक दो करोड साठ लाख से अधिक नमनों की जांच की जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जांच सपर्क और उपचार कार्य नीति ने प्रति दस लाख आबादी पर अटठारह हजार आठ सो बावन नमूनों की जांच की है वर्तमान में एक हजार चार सौ इक्कीस प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या छियालिस हजार इक्यावन हो गई है रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस प्रणाली की शुरूआत की अब रेल कर्मचारी इसका लाभ उठाकर बिना कार्यालय गये ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं उन्हें यह पास ई प्रणाली के जरिए जारी भी किए जाएंगे कर्मचारी इस पास के जरिए आई आर सी टी सी की वेबसाइट से भी अपनी टिकट ब्क करा सकेंगे इससे पहले कर्मचारियों को अपने पास पर टिकट ब्क कराने के लिए आरक्षण काउंटर पर जाना पड़ता था प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराघों के मद्देनजर सरकार ने राज्य के विमिन्न शहरों में सोलह नए साइबर अपराध थाने खोले हैं इससे पहले लखनऊ और गौतमबुद्दनगर में ऐसे केवल दो थाने थे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इन अट्ठारह साइबर पूलिस स्टेशनों के फोन नंबरों को प्रचारित करने का फैसला किया है ताकि साइबर अपराघों के शिकार लोग पूलिस से आसानी से संपर्क कर सकें इन थानों के ई मेल पते और फोन नंबरों वाली सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है आगरा अलीगढ़ प्रयागराज चित्रकूट बरेली मुरादाबाद बस्ती गोंडा गोरखपुर झाँसी कानपुर अयोध्या सहारनपुर आजमगढ़ मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं श्री राम जन्मगूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना संक्रमण हो गया है वे कल मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में भाग ले रहे थे जहां उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया है प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की खबर है कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है भदोही में कल से श्रू हुआ वर्षा का क्रम अमी भी जारी है कौशाम्बी में आसमान में काले बादल छाये हये हैं और कल रात से ही रूक रूक कर वर्षा हो रही है वाराणसी चन्दौली सम्भल बागपत बदायूँ हापुड़ बरेली और मुरादाबाद में भी कल रात से ही रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है